राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ खत्म आज से साफ होगा मौसम बढ़ेगा तापमान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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है इस वर्ष कार्यक्रम का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो विद्यार्थियों के लिए तनावमुक्त वातावरण का निर्माण करता है

कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र अध्यापक या अभिभावक मई गोव इनोवेट प्लेटफार्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं

प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उनके फोटोग्राफ पर श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा

यह प्रस्ताव छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है जिसमें विशेष हेलिकॉप्टेर और सी प्लेकन मार्ग शामिल हैं सागरमाला सी प्लेगन सेवा के तहत बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के परामर्श से कुछ नये मार्गो के प्रस्ताव भी दिये गये हैं

इनमें पांच हेलिकॉप्टर और दो वाटर एयरोइॉम सेवाएं शामिल हैं क्षेत्रीय मार्ग संयोजन योजना उडे देश का आम नागरिक नागर विमानन मंत्रालय की एक अग्रणी योजना है इसका उद्देश्य विमान यात्रा को सस्ता बनाना है यह योजना देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने रोजगार के अवसर बढ़ाने और विमान यात्रा सुविधा विकसित करने के इरादे से शुरू की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया इस दौरान उनका काफिला बरियात् रोड बुटी मोड़ कोकर चौक और लालपुर होते हुए नागाबाबा खटाल तक गया जिसके साथ उन्होंने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑटो और बसों की पार्किंग व्यवस्था द्रूस्त करने तथा फूटपात द्वकानदारों के लिए वेडिंग जोन बनाने का निर्देश दिया इस बीच उन्होंने रांची के सर्कुलर रोड स्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का भी निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि बिरसा आबा जेल के जिस कमरे में दिन गुजारे थे उस कमरे में भी उनकी प्रतिमा होनी चाहिए ताकि आगंतुक उनके शौर्य और संघर्ष को करीब से जान सकें मुख्यमंत्री ने राज्य के शहीदों सिद्दोकान्हू तेलंगा खड़िया नीलाम्बर पीताम्बर दिवा किशुन गया मुंडा जतरा टाना भगत वीर बुध्य भगत सहित कई अन्य शहीदों की जीवनी को क्षेत्रीय भाषा में भी अंकित करने का निर्देश दिया सांसद जयन्त सिन्हा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक सूचना भवन सभागार में कल संपन्न हुई बैठक में पेयजल बिजली पश्पालन शिक्षा मनरेगा पीएम आवास स्वास्थ्य आपूर्ति खनन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कौशल विकास योजना कृषि सिंचाई आदि विषयों की समीक्षा की गई बैठक के बाद सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि पैक्स से धान खरीद के मामले में स्थिति काफी चिंतनीय है

उन्होंने विधायकों से विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को पटल पर रेखने का आग्रह किया

इसके विरुद्ध कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि देश में कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण का महाअभियान चेल रहा है लेकिन दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में सिविल सर्जन का नहीं आना दुखद है उन्होंने कहा कि उनके नहीं रहने से इस अभियान के बावत जानकारी नहीं मिल पाई ऐसे में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि चिकित्सक समुदाय के कारण देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सर्वाधिक है उन्होंने कहा कि एम्स का पूरे देश में एक तंत्र स्थापित करके सभी नागरिको को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है

देश में कोविड टीकाकरण अभियान में करीब तीन करोड लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं

इधर कई राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या बढ रही है

इनमें पन्द्रह हजार एक सौ एकसठ लोगों को कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया है वहीं ग्यारह हजार आठ सौ चौसठ लोगों को कोराना टीका का दूसरा डोज दिया गया

इसके लिए उन्होंने विभाग सहित निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण करने को कहा है साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाको में भी टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया

इसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले दो दिनों बारिश हुई सबसे अधिक बारिश चतरा में पैतालीस मिलीमीटर दर्ज की गयी सिमडेगा खरसावां और जमशेदपुर में तीन मिलीमीटर वहीं रांची लातेहार हजारीबाग गुमला और बोकारो में एक मिलीमीटर बारिश हुई मौसम विभाग ने पूर्वानुमान कर कहा है कि अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहेगा इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी होगी वहीं राज्य के विभिन्न इलाको में अधिकतम तापमान इक्कतीस से छत्तीस डिग्री रहने की संभावना है कृषि विज्ञानियों के अनुसार साइकलोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से हुई बारिश के कारण रबी की फसल लत्तरवाली सब्जियां और मौसमी फलों के पौधों को काफी फायदा पहुंचेगा दुमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मलूटी के आसपास पत्थर कशर को बंद कराने का निर्देश दिया है

पश्चिमी सिंहभूम जिले के लांजी में पिछले दिनों हुए बारूदी सुरंग के विस्फोट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है

सिंहभूम कोल्हान प्रक्षेत्र को डीआईजी राजीव रंजन ने मीडिया को इसकी जानकारी दी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आकाशवाणी से मैच का आंखो देखा हाल शाम छह बजकर तीस मिनट से एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा पांच मैचो की श्रृंखला में इंग्लैंड एक शून्य से आगे है उधर महिला क्रिकेट में पांच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में आज भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा मैच आज सवेरे नौ बजे शुरू हो रहा है इस श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका दो एक की बढ़त बनाए हुए है भारतीय महिला क्रिकेटरों को उम्मीद है कि ये आज का मैच जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला देंगी पहले मैच में हारने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच में जीत हासिल की लेकिन वर्षा के कारण बाधित तीसरे मैच में भारतीय टीम चूक गई

शीर्षक खबर को अपनी पहले पन्ने की सुर्खियां बनायी है दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर फिर बढ़ा कोरोना विशेषज्ञ बोले सचेत रहें पन्द्रह दिन है भारी

दैनिक जागरण ने पश्चिमी सिंहभूम के लांजी पहाड़ पर बम विस्फोट में दस गिरफ्तार खबर को प्रमुखता से लिया है

अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने एक दिन में सबसे ज्यादा दो मिलियन लोगों ने कोरोना का टीका लिया